अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रही है राज्यपाल ने कहा कि सरकार गवर्नेंस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रभावी बदलाव रोजगार सृजन आजीविका से जुड़ी गतिविधियों इज ऑफ इयिंग बिजनेस सबके लिए पेयजल अबाधित विद्य्त आप्र्ति अच्छी कनेक्टिविटी और संचार व्यवस्था पर्यटन को बढ़ावा जनजातियों के बीच सौहार्द कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने समाजिक सहभागिता जैविक संत्रलल्न को बनाए रखने और जनजातियिओं के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कार्यरत है

विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया विधानसभा में पहले दिन आज सात विधेयक पेश किए गए जिसमें अरुणाचल फ्रदेश फ्ड कमीशन रुल दो हजार अद्वारह अरुणाचल प्रदेश फिसकल रिसपॉनसिबिल्टी बजट मैनेजमेंट संशोधन विधेयक दो हजार इक्कीस अरुणाचल प्रदेश इंडियन मेडिसिन काउंसिल विधेयक अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेचर मेंबर प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन संशोधन विधेयक अरुणाचल प्रदेश इस ऑफ ड्रयिंग बिजनेस विधेयक अरुणाचल प्रदेश सिविल कोर्ट्स विधेयक अरुणाचल प्रदेश ग्ड़स एण्ड सर्विस टैक्स संशोधन विधेयक और अरुणाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक दो हजार इक्कीस शामिल है विधानसभा परिसर में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री चाउना मेन ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस होगा

उन्होंने बताया कि राज्य प्लिस के पंद्रह हजार कर्मियों में से करीब ग्यारह हजार फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाया जा चुका है उन्होंने कहा कि अन्य कर्मचारी भी जल्द ही कोविड का टीका लगवाएंगे श्री उपाध्याय ने प्रदेश के लोगों से स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों के अन्सार कोविड टीका लगवाने की अपील की

संगठन की महासचिव जोया तासंग मोयोंग ने राज्य सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए प्राइमरी स्कूल लेवल से योगा क्लास लागू करने और सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों को अनिवार्य रुप से एन सी सी ज्वाइन कराने का अन्रोध किया उन्होंने सरकार से कक्षा छह से लेकर बारह तक के स्क्लों में तनाव प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित काउंसिलर की निय्क्ति करने का आग्रह किया

नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी निय्क्त करना होगा श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मो को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर द्रुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं

एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के बाद वे नगाँँ जिले के बहरामप्र में महाम़त्य्ंजय मंदिर में बोल रहे थे श्री शाह ने कहा कि असम समग्र विकास के पथ पर है गृहमंत्री ने कहा कि एक बार असम हिंसा और विरोध के लिए जाना जाता था लेकिन इसे अब अच्छे कामों के लिए जाना जाता है श्री शाह ने जोर देकर कहा कि असम और पूर्वोत्तर राज्यों को आने वाले दिनों में सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान करने के लिए बनाया जा रहा है